मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को डॉक्टरों पैरामैडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों को सभी सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी ज़िला उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटीन केन्द्रों में और अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की उचित जांच और चिकित्सीय परीक्षण के बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए उन्होंने आगामी दिनों में बाहरी राज्यों से और अधिक लोगों के वापिस आने की संभावना को देखते हुए उपायुक्तों को संस्थागत क्वारंटीन के अतिरिक्त प्रबंध करने के निर्देश भी दिए

मुख्यमंत्री ने देश के अन्य राज्यों से आने वाले प्रदेशवासियों का पूरा डाटा संकलित करने और इनके सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाने पर भी बल दिया इस दौरान मुख्य सचिव अनिल खाची और पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे आग्रह सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र से कांगड़ा ज़िले में सेवारत्त और सेवानिवृत सैनिकों की सुविधा के लिए सीएसडी डिपो खोलने का आग्रह किया है केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में कहा कि प्रदेश में कोई सीएसडी डिपो नहीं है जिसके चलते राज्य की यूनिट रंग कैंटीन हरियाणा के अम्बाला और पंजाब के पठानकोट में स्थित सीएसडी डिपो पर निर्भर है उन्होंने कहा कि इस डिपो के खुलने से बड़ी संख्या में सेवारत्त और सेवानिवृत सैनिकों को सुविधा मिलेगी बधाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन को विश्व स्वास्थ्य संघ के अध्यक्ष पद का पदभार संभालने पर बधाई दी मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक्जेक्यूटिव बोर्ड में महत्वपूर्ण पद मिलना देश के लिए गौरव का विषय है उन्होंने कहा कि डॉ हर्ष वर्धन एक कुशल प्रशासक और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और उनका यह पदभार ग्रहण करना सम्पूर्ण विश्व विशेषकर भारत के हित में होगा राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शोध व तकनीकी पर आधारित जैव विविधता के दोहन पर बल दिया है वे आज शिमला स्थित राजभवन में विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र की जड़ी बूटियों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया जा सकता है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन नहीं किया जाना चाहिए इस मौके पर वन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों सहित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगर निगम के पार्षदों से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना पर विस्तृत चर्चा की उन्होंने कहा कि ये योजना रोजगार प्रदान करने के साथ साथ कौशल विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होगी उन्होंने कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित व्यक्ति को उस क्षेत्र का निवासी होना ज़रूरी है

उन्होंने कहा कि देशभर में हिमाचल ने इस योजना को सबसे पहले लागू किया है और योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान गरीब व उपेक्षित वर्ग को रोजगार उपलब्ध करवाना है इससे पहले उन्होंने शहर के बालुगंज में पुलिस कर्मियों और अनाज मंडी व गुरूद्वारा साहिब में नगर निगम के कोरोना योद्वाओं को सम्मानित किया मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज केलंग में परिवहन कर्मचारियों को फेस शील्ड व मास्क वितरित किए

मारकंडा ने कहा कि प्रदेश में बसें चलाने पर अंतिम फैसला कल होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा

इनमें से अधिकांश लोग मुम्बई से लौटे हैं ज़िले में अधिकतर संक्रमित व्यक्ति संस्थागत क्वारंटीन में रखे गए हैं

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आर्थिकी शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुझाव देने के लिए गठित गैर राजनीतिक विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भ्रष्टाचार के मामले सामने आने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए इस बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कोरोना के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग की है उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में हुई सभी खरीदों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि इस मामले का हर दोषी जनता के सामने आ सके उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि इस भ्रष्टाचार से पूरी तरह पर्दा उठाने के लिए हाईकोर्ट के किसी सीटिंग न्यायाधीश से जांच करवाएं उज्जवला योजना कोरोना के इस संकटकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गरीब तबके के लिए राहत पहुंचाने के उददेश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई है योजना के विभिन्न घटकों से गरीबों को लाभ पहुंचाया जा रहा है प्रदेश में भी गरीब लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है हमीरपुर जिले में उज्जवला योजना की लाभार्थी महिलाओं को गैस रिफिल के लिए उनके खाते में राशि डाली गई है महिलाओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया

उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश कार्यालय की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्यार सिंह कंवर को भाजपा प्रदेश मुख्यालय का कार्यालय सचिव बनाया गया है ये दोनों निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आयुर्वेद वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोरोना योद्दाओं में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काढ़ा तैयार किया है प्रथम श्रेणी में इस काढ़े को पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी सहित उन लोगों को बांटा जा रहा है जो कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं

जिला आयुर्वेद अधिकारी राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद देश की प्राचीन चिकित्सा पद्वति है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अनेक उपाय बताए गए हैं उन्होंने कहा कि ये आयुर्वेदिक काढ़ा कोविड योद्वाओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर साबित होगा

उन्होंने मज़दूर वर्ग से अपील करते हुए कहा कि वे नजदीक के डिपो में एक फार्म भरकर निशुल्क चावल व काला चना प्राप्त करें नमस्कार